प्रदेश विधानमंडल ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में आरक्षण अगले दस वर्ष के लिए बढ़ाने को दी मंजूरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रदेश सरकार राज्य को देश का एक विकसित और अग्रणी राज्य बनाने के लिए कर रही है गम्भीरता से कार्य प्रदेश में शीतलहर और अत्यधिक ठंड का दौर जारी जन जीवन हआ अस्त व्यस्त केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने एक सौ दो लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की घोषणा की है बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के सरकार के प्रयासों की कड़ी में इन परियोजनाओं को अगले पांच वर्ष में पूरा किया जायेगा श्रीमती सीतारामन ने कल दो हजार उन्नीस से दो हजार पच्चीस के लिए नेशनल इंक्रास्ट्रक्वर पाइपलाइन के बारे में गठित कार्यवल की रिपोर्ट जारी की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रवानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में एक सौ लाख करोड़ रुपये निवेश की बात कही थी इसके अनुरूप एक कार्यबल का गठन किया गया है घोषणा के चार से छह महिने के अंदर कार्यबल का गठन किया गया सौ लाख करोड़ रुपये निवेश के वायदे अनुरूप आज एक सौ दो लाख करोड़ रुपये लागत की परियोजनाओं की घोषणा की गई है

मंत्रालयों राज्य सरकारों बुनियादी ढांचा कंपनियों बैंकों गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा उद्योग संघों के साथ विचार विमर्सा किया गया श्रीमती सीतारामन ने बताया कि ये परियोजनाएं ऊर्जा रेलवे शहरी विकास सिंचाई शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में हैं उन्होंने बताया कि इनमें लगभग पच्चीस लाख करोड़ रुपये की रूर्जा परियोजनाएं बीस लाख करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाएं और चौदह लाख करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाएं भी शामिल हैं

विधेयक का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा की नरेन्द्र मोदी सरकार बाबा साहेब आंबेडकर के सपनों को मूर्त रूप देने का कार्य कर रही है श्री योगी ने कहा कि समाज के पिछड़े और शोषित वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें अधिकार दिलाने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी विधेयक को पारित करने के लिए विघानमण्डल का कल एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विधान सभा में और उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने कियान परिषद में विधेयक को पेश किया जहां इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया प्रस्ताव पारित करने के बाद सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी गई इस बीच विपक्षी दलों के सदस्य दोनों सदनों में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हंगामा करते रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को वर्ष दो हजार चौबीस तक पांच ट्रिलियन डॉलर बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है उन्होंने कहा कि इस दिशा में राज्य सरकार तय समय अवधि में प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिये प्रभावी उपाय कर रही है श्री योगी ने यह उदगार लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की तिमाही बैठक को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किये उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की औद्योगिक विकास नियेश प्रोत्साहन और रोजगार सुजन सहित विभिन्न नीतियों और योजनाओं के प्रमावी संचालन से उत्तर प्रदेश निवेश के नये आकर्षक गन्तव्य के रूप में उभरा है मृख्यमंत्री ने कहा कि पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये देश के दूसरे राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी निवेश जुरूरी है इसके लिये बैंकों द्वारा निवेश के लिये दी जा रही ज़रूरी ऋण सुविधा की नियमित समीक्षा की जा रही है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के संस्थागत वित्त विभाग और बैंक ऑफ बड़ौदा के समन्वित प्रयासों से एक लाख इक्यावन हजार किसान क्रेडिट कार्डो की ई लांचिंग की श्री योगी ने सभी बैंकों से व्यापक पैमाने पर क्रेडिट कैंपों का आयोजन कर पन्द्रह फरवरी दो हजार बीस तक प्रदेश के समी पात्र और इच्छुक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मुहैया कराने के लिये कहा है कार्यक्रम को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही वित्तमंत्री सुरेश खन्ना और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक अनिल शर्मा ने भी सम्बोधित किया

केरल विधानसभा द्वारा इस कानून को रद्द किए जाने से सम्बंधित एक संकल्प पारित किए जाने के बाद कल तिरूवनन्तपुरम में पत्रकारों से बातचीत में श्री प्रसाद ने कहा कि नागरिकता के बारे में कोई भी कानून पारित करने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है उन्होंने कहा कि केरल विधानसभा सहित किसी भी विधानसभा को ऐसा अधिकार नहीं है श्री प्रसाद ने कहा कि नागरिकता संशोधन अविनियम देश के किसी भी नागरिक के खिलाफ नहीं है ये सिर्फ तीन देशों पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के छः पीड़ित अल्पसंख्यक समुदायों के बारे में है

अपने बधाई संदेश में राज्यपाल ने कहा कि नववर्ष दो हजार बीस सभी के लिये सुख समृद्वि और शांति से परिपूर्ण हो उन्होंने लोगों से महिलाओं का सम्मान करने गरीबों तथा जरूरतमंदों की सहायता करने के साथ ही प्रदेश और देश के विकास में सहयोग का संकल्प लेने को कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नववर्ष पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है अपने शुभकामना संदेश में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य को देश का एक विकसित और अग्रणी राज्य बनाने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गांव गरीब किसान मजदूर महिलाओं और नौजवानों की प्रगति और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है श्री योगी ने कहा कि नववर्ष में विमिन्न क्षेत्रों में नई योजनाओं और कार्यक्रमों के संचालन के साथ ही जनसमस्याओं के निस्तारण की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा प्रदेश सरकार ने बिजली के बकाया बिलों के भुगतान हेतु आसान किस्त योजना में पंजीकरण की तारीख़ इकत्तीस जनवरी दो हजार बीस तक बढ़ा दी है यह आदेश प्रदेश के ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्नोत मंत्री श्रीकान्त शर्मा के निर्देश पर जारी किया गया है श्री शर्मा ने बताया कि यह बिजली उपमोक्ताओं के लिये सुनहरा अवसर है कि वह अपने बकाया बिलों को किस्तों में व्याजमाफी के साथ जमा कर सकेंगे इस योजना के तहत चार किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ता को ब्याजमाफी के साथ बिल जमा करने की सुविधा दी गई है इसके अलावा शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता बारह आसान किस्तों और ग्रामीण उपमोक्ता चौबीस किस्तों में बकाया जमा कर सकेंगे सभी उपमोक्ताओं को एकमृश्त भुगतान की सुविधा भी प्रदान की जा रही है पंजीकरण कराने वाले उपमोक्ता सही समय पर बिल के साथ बकाये किस्तों का भुगतान करेंगे तो इकत्तीस अक्टूबर तक के बिल पर ब्याज भी माफ हो जायेगा

वह उन्नीस सौ तिरासी बैच के अधिकारी थे पी आई बी वाराणसी में कल एक कार्यक्रम में उन्हें विदाई दी गयी प्रदेश में भीषण ठण्ड का दौर जारी है तापमान लगातार रिकार्ड स्तर पर नीचे पहुंच रहा है कानपुर कल प्रदेश का सबसे ठण्डा स्थान रहा जहां पारा शून्य डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया शीतलहर और कोहरे ने आम जन जीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है हवाई रेल और सड़क यातायात भी बुरी तरह प्रमावित हुआ है सरकार ने प्रशासन को गरीब और बेसहारा लोगों को ठण्ड से बचाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए हैं

घने कोहरे के कारण दर्जनों ट्रेनें लेट चल रही हैं और कई को निरस्त कर दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉक्टर्सिंग के द्वारा जिलाधिकारियों को गरीबों को कंबल बांटने और रेलवे बस स्टैंड और अस्पतालों के पास रैन बसेरे बनाने के निर्देश दिए

मुख्यमंत्री ने गोवरा और आवारा निराश्रित पशुओं की भी ठंड से बचाने के पर्याप्त प्रबंध करने के निर्देश दिए है